राष्ट्रीय औसत से तीन प्रतिशत अधिक हुई स्वस्थ होने की दर

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को पन्द्रह दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गुह राज्य भेजने का निर्देश दिया है न्यायालय ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप चौबीस घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाडियां उपलब्ध कराई जाएं अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉक डाउन नियमों के उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मूकदमे वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण की जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं परिवहन की व्यवस्था सहित यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों को मंगलवार से पन्द्रह दिन का समय दिया गया न्यायालय अब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगा केंद्र सरकार ने बिहार सहित कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण वाले पन्द्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय केंद्रीय दल तैनात किए हैं ये दल देश में कोविड उन्नीस महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगे प्रत्येक केंद्रीय दल में तीन सदस्य हैं जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ महामारी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं ये दल महामारी पर नियंत्रण के उपायों प्रभावी इलाज और जिलों तथा शहरों में क्लीनिक्ल प्रबंधन को लागू करने में राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं बिहार में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर बढ़कर लगभग बावन प्रतिशत हो गया है यह राष्ट्रीय औसत से तीन प्रतिशत से अधिक है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक दो हजार सात सौ सत्तर मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ साठ है वहीं इस महामारी से अब तक तैंतीस लोगों की मौत हुई है इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ सत्रह नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच हजार तीन सौ चौंसठ हो गयी है आज सबसे अधिक नवादा से सोलह मामले सामने आये हैं मधेपुरा से पन्द्रह भागलपुर से चौदह कैमूर से ग्यारह सहरसा और बेगूसराय से आठ आठ और नालंदा से छह मरीज पॉजिटिव पाये गये दरभंगा और सारण से पांच पांच बक्सर जहानाबाद सुपौल और वैशाली से चार चार औरंगाबाद तथा मुंगेर से तीन तीन और शेखपुरा से दो मामले की पुष्टि हुई है इसके अलावा कटिहार खगड़िया लखीसराय पटना और समस्तीपुर से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन मई के बाद दूसरे राज्यों से बिहार लौटे तीन हजार आठ सौ तिरपन लोग कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं देश में अब तक कोविड उन्नीस से एक लाख उनतीस हजार दो सौ पन्द्रह लोग स्वस्थ हो चुके हैं ठीक होने वाले रोगियों की दर अड़तालीस दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में चार हजार सात सौ पचासी रोगी ठीक हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ हजार नौ सौ सतासी लोग संक्रमित हुए इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख छियासठ हजार पांच सौ अठानवे हो गई है यह किसी एक दिन में अब तक सबसे अधिक वृद्धि है पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ छियासठ लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या सात हजार चार सौ छियासठ हो गई देश में अब मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गई है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड उन्नीस के संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने यात्रा की हो और साथ ही वह संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो

फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने कोविड उन्नीस से बचने के लिये सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की है

सिर्फ सोशल डिस्टेंस ही कोरोना वायरस से लड़ने का एक तरीका है और यही इसकी दवा भी है इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां रहें अपने घरों में रहें साफ सफाई का ध्यान रखें और कोरोना वायरस की इस परिस्थिति से लड़ने में अपनी सरकार की देश की शांतिपूर्वक मदद कीजिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बडी राशि का प्रावधान किया गया है इसमें से इकतीस हजार चार सौ तिरानवे करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिए अनुमान के पचास प्रतिशत से अधिक है अब तक कुल साठ करोड़ अस्सी लाख दिवस का रोजगार सूजित किया गया है और छह करोड़ उनहत्तर लाख कामगारों को काम दिया गया है इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था उनकी औसत संख्या दो करोड़ इक्यावन लाख प्रतिदिन है यह पिछले साल मई में दिए गए काम से तिहत्तर प्रतिशत अधिक है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है

अब मनरेगा का जो कुल बजट है एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपया है

श्री निशंक ने एक ट्वीट में सभी शिक्षकों और शिक्षाविदों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उनके ट्वीटर और फेसबुक पर हैश टैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट दो हजार बीस पर इस मामले में अपनी बात साझा करने की अपील की है जिससे वे निर्णय लेते समय उन बातों का ध्यान रख सकें प्रदेश में लगभग ढाई महीने बाद आज से ऑनलाईन दाखिल खारिज का काम शुरू हो गया है राजस्व विभाग के विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक ने बताया कि अब अंचल स्तर से ही म्यूटेशन का काम ऑनलाईन होगा सभी अंचलाधिकारियों को इस संबंध में काम शुरू करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिये गये हैं श्री पाठक ने कहा कि ऑनलाईन दाखिल खारिज से संबंधित काम के लिए दस्तावेजों की अपलोडिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पार्क में प्रवेश से पूर्व लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी विभाग ने लोगों को सेनेटाइजर और पानी की बोतल भी रखने की सलाह दी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में खरीफ मौसम के मद्देनजर किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज खाद और कीटनाशक की उपलब्धता है आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये खरीफ कर्मशाला को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बार बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा बीज की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गयी है किसान अपनी इच्छानुसार होम डिलीवरी के माध्यम से बीज प्राप्त कर सकते हैं केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करायी गयी सरकारी सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है

आज राजस्थान और तमिलनाडु से एक एक ट्रेन तैंतीस सौ यात्रियों को लेकर पहुंच रही है प्रदेश में एक जून से अनलॉक के प्रथम चरण तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक अड़तीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अठारह प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं सात हजार तीन सौ चौदह वाहन जब्त किये गये हैं साथ ही दो करोड़ रुपये से अधिक की रशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है सारण जिले में रसूलपुर थाना में पदस्थापित पांच पुलिसकर्मियों को एक ट्रक चालक से अवैध वसूली करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने बताया कि ट्रक चालक से अवैध रूप से पैसा वसूल करते पुलिसकर्मियों के वायरल वीडियो के जांच में सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है इधर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के क्वारंटीन केन्द्र में शराब पीने के मामले में जिला पुलिस बल के एक जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच कल से फिर बारिश होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है इसके प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से चार दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा राज्य सरकार ने पटना के तत्कालीन डीएसपी कैलाश प्रसाद के तीन साल के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है उनपर गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में शराब पार्टी की सूचना मिलने पर छापेमारी के दौरान फोटोग्राफी नहीं कराने का आरोप है अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कनखूदिया गांव में पूलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है मौके से निर्मित अर्द्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक महिला सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया शिवहर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत विभिन्न मामलों में वांछित इकतीस अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है दरभंगा के डाक अधीक्षक कार्यालय में आज से सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए तीन दिवसीय अभियान की शुरूआत हुई है इस अभियान के तहत पच्चीस हजार बच्चियों का खाता खोलने का लक्ष्य है

इसके पहले जिले के नरहट प्रखंड के बदलपुर में भी खुदाई के दौरान भगवान श्री राम की प्रतिमा मिली थी

राष्ट्रीय औसत से तीन प्रतिशत अधिक हुई स्वस्थ होने की दर